लोगों से अधिक सतर्कता बरतने की अपील की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और आजमगढ़ मण्डलों में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा की

सक्रिय मामलों की संख्या तेईस हजार नौ सौ इक्कीस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले क्छ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है उससे कई आशंकाएं गलत साबित हुई हैं प्रधानमंत्री ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर है उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है लेकिन भारत अपने लाखो देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है लेकिन साथियो कोरोना का खतरा टला नहीं है

हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है हमें ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है तो दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय में गति लाकर उसे नई ऊंचाई तक ले जाना है प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों की सराहना की श्री मोदी ने जम्मू में ग्राम तरेवा की सरपंच बलबीर कौर का उल्लेख किया जिन्होंने अपनी पंचायत में तीस बिस्तरों के एक क्वारंटीन केन्द्र का निर्माण किया प्रधानमंत्री ने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया जिन्होंने मोती की खेती करने का प्रशिक्षण लिया इसके बाद उन्होंने अपना काम तो शुरू किया ही साथ में अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे है

हमारे पर्व हमारे समाज को हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े उसका भी पर्व खुशहाल हो तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि सात अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है उन्होंने कहा कि भारत का हैंडलूम और हस्तशिल्प के क्षेत्र में कई वर्षों का गौरवमयी इतिहास है

कारीगरों और बुनकरों को लाम होगा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उन छात्रों से भी बातचीत की जिन्होंने इस साल की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है इन छात्रों में अमरोहा जिले के उस्मान सैफी भी शामिल थे उनसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने वर्डस गेस्ट क्लीन होते हुए भी मुझसे एक आम नागरिक की तरह बात की उन्होंने मुझे मेरे परिवार और शुभविन्तकों को बहुत बहुत शुभ कामनार्य दी मेरी कामयाबी का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है मेरे फेवरेट सबजेक्ट कौन सा है टैक्नालॉजी में रूचि रखते हो

उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे मेरा सपना साकार हो गया हो

मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ अमरोहा जिले के धनौरा में रहने वाले उस्मान सैफी ने इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सत्तानबे दशमलव आठ प्रतिशत अंक हासिल किये हैं प्रधामनंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ मण्डल के तीनों जनपदों आजमगढ़ मऊ और बलिया में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कोविड मरीजों के सम्पर्कों का पता लगाने और डोर टू डोर सर्वे पर विशेष बल दिया है उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नमूनों की जांच जाए और कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जाये मुख्यमत्री कल बलिया में आजमगढ़ मण्डल में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री कल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी भी पहुंचे उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वाराणसी मण्डल में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कोविड अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एम्स और ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लेवल टू के चिकित्सालय बनाये जाने की तैयारियों का निरीक्षण किया उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द चिकित्सालय तैयार कर रोगियों का उपचार शुरू किया जाए एम्स में पहले और दूसरे चरण में पचास पचास बिस्तरों वाले वार्ड बनाए जाने हैं मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर और संतकबीर नगर जनपदों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया उन्होंने बाढ़ खण्ड व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बंधों की सुरक्षा और तटबंधों की निरन्तर निगरानी के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए नावों की समुचित व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पहली बार एक दिन में कोविड संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक हुए हैं पिछले चौबीस घंटों में छत्तीस हजार से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अब आठ लाख पचासी हजार पांच सौ छिहत्तर हो गई है मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव नौ दो प्रतिशत हो गई है कोरोना के सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने का अंतर चार लाख सत्रह हजार से अधिक हो गया है उधर देश में पहली बार एक दिन में चार लाख चालीस हजार से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई प्रति दस लाख आबादी पर ग्यारह हजार आठ सौ पांच लोगों की जांच की जा रही है अब तक एक करोड़ बासठ लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के तीन हजार दो सौ साठ नए मामले सामने आए हैं

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा है कि विज्ञान और प्रोचौगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता देश की जरूरत है श्रीमती पटेल वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहीं थीं राज्यपाल ने कहा कि स्थापना दिवस समारोह आत्ममंथन का अवसर होता है आत्ममंथन से कमियों को दूर करके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कोरोना संक्रमण के प्रसार के मददेनजर बलिया के जिलाधिकारी ने बलिया और रसड़ा नगर क्षेत्र में पूर्णबन्दी को इकत्तीस जुलाई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं